पैनल को आठ सप्ताह के भीतर प्रक्रिया प्ररी करने का निर्देश

उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले को आपसी सहमति से सुलझाने के लिए मध्यस्थता पैनल को सौंप दिया है तीन सदस्यों के पैनल की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एफ एम कलीफुल्ला करेंगे इसके अन्य सदस्य हैं आध्यात्मिक गुरू श्री श्री रवि शंकर तथा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीराम पंचू प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि मध्यस्थता की प्ररी प्रक्रिया फैजाबाद में होगी और यह एक सप्ताह के भीतर शुरू हो जाएगी न्यायालय ने पैनल को चार सप्ताह में प्रगति रिपोर्ट दायर करने और पूरी प्रक्रिया को आठ सप्ताह के भीतर समाप्त करने को कहा संविधान पीठ ने कहा कि मध्यस्थता कार्यवाही बंद कमरे में होगी और प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसकी खबरें नहीं देंगे

विश्वभर में सरकारें गैर सरकारी संगठन और अन्य संस्थाएं महिलाओं की उपलब्धियों को उजागर करने के लिए प्रत्येक वर्ष आठ मार्च को महिला दिवस के रूप में मनाती हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वैंकेया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस अवसर पर महिलाओं को बधाई दी है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विशेष रूप से भारत की बेटियों को बधाई दी है जिन्होंने अपनी सफलता के माध्यम से राष्ट्र का गौरव बढ़ाया है इस अवसर पर वाराणसी में एक समारोह को संबोधित करते हए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि महिलाएं समाज और देश को बदलने की ताकत रखती हैं

ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें महिलाओं का योगदान न हो प्रधानमंत्री ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में चलाए जा रहे केन्द्र सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आयुष्मान भारत मातृत्व सुरक्षा योजना और उज्जवला का उल्लेख किया

बेटियों और बहनों की रक्षा सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए तमाम योजनाएं आज चल रही हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो स्कूल और घर में शौचालय के सुविधा हो ऐसी योजनाओं के मूल में आज बेटियों बहनों का उज्जवल भविष्य हम सुनिश्चित कर रहे हैं सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्दधन राठौड़ ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कहा कि महिलाएं संसार को खूबसूरत बनाती हैं महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने भी महिलाओं को बधाई दी है राज्यपाल लालजी टंडन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस अवसर पर महिलाओं को शुभकामनाएं दी हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किये गये हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि महिला अधिकारों के प्रति जागरूकता के लिए रैली संगोष्ठी और कई अन्य कार्यक्रम आयोजित किये गये इधर पटना साहिब रेलवे स्टेशन की कमान पूरी तरह महिलाओं ने संभाली प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल बक्सर जिले के चौसा में प्रस्तावित थर्मल पावर स्टेशन का वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से शिलान्यास करेंगे केन्द्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने आज बक्सर में ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि इस परियोजना पर दस हजार चार सौ उनतालीस करोड़ रूपये की लागत आयेगी श्री चौबे ने कहा कि परियोजना को दो हजार चौबीस तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है राज्य सरकार ने एक सितम्बर दो हजार पांच या इसके बाद निय्रक्त सरकारी कर्मियों को विशेष पारिवारिक पेंशन योजना देने का फैसला किया है राज्य में नई पेंशन योजना से आच्छादित सरकारी कर्मियों की आतंकी उग्रवादी हिंसक घटना और चुनावी कार्य के दौरान ड्यूटी पर मृत्यु होने पर उनकी विधवा या आश्रितों को इस विशेष योजना का लाभ मिलेगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी इसके अलावा चुनाव के दौरान ड्यूटी पर हिंसक घटनाओं या हादसों में मौत होने पर दस लाख रूपये नकद देने का प्रावधान किया गया है वहीं गंभीर रूप से घायल होने वाले प्रतिनियुक्ति पर आये केन्द्रीय पुलिस बलों के इलाज पर होने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार की ओर से की जायेगी प्रदेश के विभिन पंचायतों के खाली पड़े एक हजार नौ सौ अड़तीस विभिन्न पदों के लिए दस मार्च को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान होगा राज्य निर्वाचन आयोग की विज्ञप्ति के अनुसार मतदान सुबह सात बजे से शुरू होगा इस बार मतदान ईवीएम के माध्यम से होगा मतों की गिनती बारह मार्च को होगी मतदान को देखते हुए आयोग कार्यालय में एक हेल्प डेस्क की शुरूआत की गयी है जिसका टेलीफोन नम्बर शून्य छह एक दो दो पांच शून्य छह आठ चार चार है यह हेल्पलाईन नम्बर मतदान और मतगणना के दिन सुबह साढ़े छह बजे से शाम साढ़े सात बजे तक काम करेगा पूर्वसैनिक अंशदान स्वास्थ्य योजना ईसीएचएस के अंतर्गत द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिकों आपात कमीशंड अधिकारियों शॉर्ट सर्विस कमीशंड अधिकारियों तथा समय से पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले सैनिकों को स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त होगी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसकी मंजूरी दे दी है केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इस फैसले से उन कैटगरी को सुविधा प्राप्त होगी जो अबतक इससे वंचित थी रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश के विभिन्न भागों से दिल्ली आने वाली सभी ट्रेनों का परिचालन इस वर्ष के अंत तक बिजली इंजन से शुरू हो जायेगा उन्होंने कहा कि अगले ढ़ाई वर्षों के दौरान सभी मेल और राजधानी ट्रेनों में बायो टॉयलेट लगाये जायेंगे इधर केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रामकृपाल यादव ने आज पूर्णिया कोर्ट हटिया एक्सप्रेस ट्रेन के पटना जिले के प्रनपुन स्टेशन पर ठहराव की शुरूआत की सीतामढ़ी पूलिस हिरासत में दो आरोपियों की मौत के मामले में पूलिस अधीक्षक डी अमरकेश ने रून्नी सैदपुर के थाना अध्यक्ष गुरूदेव दास को निलंबित कर दिया है इधर मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी जिलाधिकारी को सौंप दी गयी है मामले के सभी आठ आरोपी निलंबित पुलिसकर्मी अभी भी फरार हैं निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने आज मुजफ्फरपूर जिले के बरूराज थाना में पदस्थापित दारोगा जाफर इमाम खां को दस हजार रुपये रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया है गिरफ्तार दारोगा शिकायत कर्ता से केस कमजोर करने के एवज में रिश्वत ले रहा था नेपाल से पहुंचे एक जंगली हाथी के उत्पात के कारण सुपौल जिले में पिछले दो दिनों के दौरान पांच लोगों की मौत हो गयी है राघोपुर थाना क्षेत्र में तीन करजाईन में एक और किशनपुर में एक व्यक्ति की मौत की खबर है इधर पटना जैविक उद्यान से पहुंची एक टीम ने हाथी को पकड़कर नेपाल के जंगली क्षेत्र में भेज दिया है पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद सीआरपीएफ जवानों के सम्मान में भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्यों ने आज रांची में आयोजित एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में सेना की टोपी पहनी खिलाड़ियों ने इस मैच की अपनी फीस भी राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में देने की घोषणा की है कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने आज राज्य के तीस जिलों के लिए बत्तीस बीज प्रसंस्करण इकाइयों सह गोदामों के जीर्णोद्वार कार्य का शुभारंभ किया श्री कुमार ने कहा कि इन गोदामों की क्षमता पांच सौ मीट्रिक टन अनाज भंडारण की होगी प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से पुलिस ने आज पांच शराब तस्करों को भारी मात्रा में शराब के साथ गिरफ्तार किया है मुजफ्फरपुर और शेखपुरा से दो दो जबकि अररिया से एक तस्कर की गिरफ्तारी हुई है

पैनल को आठ सप्ताह के भीतर प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश